कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है बाइट शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है बुजुर्ग है झुग्गी झोपड़ी में रहता है उन तक ये बाते पहुंचाए उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं यह हमारे वॉलेंटियर्स को सिविल सोसायटी को हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाईज करे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया

श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है उन्होंने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि चाहे संक्रमण के मामले अधिक आएं लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले से बेहतर अनुभव संसाधन और कोविड के टीके हैं श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी के साथ ही हमारे परिश्रमी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और अब भी इसमें जुटे हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर यह बैठक आयोजित की गई थी बैठक में श्री मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी चर्चा की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक प्रभावित जनपद प्रयागराज और वाराणसी जिले का दौरा कर यहां कोविड व्यवस्थाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में कोविड वार्डो का निरीक्षण कर कोरोना वारियर्स से बातचीत की श्री योगी ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिये चिकित्सीय संसाधन और दवाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिये मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के बाद वाराणसी में कोविड अस्पतालों में संक्रमण से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने कहा कि वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है इसे ध्यान में रखते हुए कोविड अस्पताला में लेवल टू और लेवल थ्री के बेड्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाये उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से कोविड वार्डो में लगातार राउंड लेने के लिये कहा

ग्यारह अप्रैल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों के अध्यक्षों तथा सदन के दलीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे बारह अप्रैल को सभी महापौर और पार्षदों के साथ संवाद का विशेष कार्यक्रम होगा इसी क्रम में तेरह अप्रैल को धर्मगुरूओं के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संवाद होगा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

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में दवाओं मेडिकल उपकरणों तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रहे मुख्यमंत्री ने लखनऊ प्रयागराज वाराणसी कानपुर नगर गाजियाबाद गोरखपुर मुरादाबाद तथा सहारनपुर में प्राथमिकता के आधार पर लक्षित आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि टीका उत्सव में प्रदेश के लक्षित आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में तीन सौ बेड का कोविड अस्पताल और दो अन्य प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना से संक्रमण नौ हजार छह सौ पनचांनवे नये मामले सामने आये हैं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अड़तालीस हजार से ऊपर पहुंच गई है यह जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है अब तक कुल तीन करोड़ तिरसठ लाख से अधिक सैम्पलों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जायेगा इसके लिये स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिये कल केवल मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों में ही कोविड टीकाकरण किया जायेगा उन्होंने बताया कि लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने का आदेश जारो किया जा रहा है

प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों और उससे संबद्ध संस्थाओं के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं कोविड हेल्प डेस्क द्वारा सभी कर्मचारियों की नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जायेगी और स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित बुखार खांसी और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को दी जायेगी